प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने ये बात कही उन्होंने बताया कि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नही आई है मगर फिर भी मामले की गम्भीरता को देखते हए वह प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से भी बात करेंगे जयराम ठाक्र ने कहा कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि सरकार प्रयास करेगी कि ये संस्थान राज्य से बाहर न जाए और देश की रक्षा में हिमाचल के योगदान को नजर अंदाज नही किया जा सकता मुख्यमंत्री ने कहा कि एसजेवीएन को एनटीपीसी में विलय करने का मामला भी वे प्रधानमंत्री के समक्ष रख चुके हैं

कांग्रेस की आशा कुमारी की गैरमौजूदगी में जगत सिंह नेगी के चम्बा जिले के सलूणी में फलदार पौधों के आबंटन सबंधी मामला उठाया

उन्होंने कहा कि बाकी पौधे जरूरत के मुताबिक आयात किए जाएंगे जिसकी प्रक्रिया जारी है

माकपा के राकेश सिंघा की गैरमौजूदगी में कांग्रेस के आशीष बुटेल द्वारा पूछे गए सवाल पर शिक्षामंत्री ने ये जानकारी दी कांग्रेस के सुंदर सिंह ठाकुर के सवाल पर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने बताया कुल्लू जिले की पीज पंचायत में कूड़ा सयंत्र लगना है लेकिन पंचायत इसकी एनओसी नही दे रही है उन्होंने बताया कि मामला न्यायालय के विचाराधीन चल रहा है शोकोदगार इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने सदन में घुमारवीं के पूर्व विधायक कर्मदेव धर्माणी के आकस्मिक निधन पर शोकोदगार प्रस्तुत किया

उनका जन्म घुमारवीं क्षेत्र के करंगोड़ा गांव में हुआ था

विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कांग्रेस विधायक दल की ओर से दिवंगत आत्मा को श्रद्वांजलि दी उन्होंने कहा कि कर्मदेव धर्माणी ने हमेशा ही दलगत राजनीति से उपर उठकर कार्य किया संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने कर्मदेव धर्माणी को निर्भीक स्पष्टवादी और ईमानदार नेता बताया बाद में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी स्वयं को शोकोदगार में शामिल करते हुए कर्मदेव धर्माणी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की पुस्तकालय मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला में विधानसभा के समीप नवनिर्मित भारत रत्न डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर राज्य पुस्तकालय का आज उदघाटन किया

जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार युवाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस मौके मौजूद रहे

इसमें जिले के सभी विभागों के आहरण व संवितरण अधिकारियों समस्त पैंशन संगठनों के पदाधिकारियों तथा सेवानिवृत अधिकारियों और कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया है इस दौरान पेंशन सामान्य भविष्य निधि और पारिवारिक पैंशन संबंधी मामलों के निपटारे के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी